प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है अपने कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन में व्यवधान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी मिलकर देश के विकास के लिए काम करें नागिरकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों में असमानता हो सकती है लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं साउंड बाईट लोकतंत्र में सहमति असहमति हमारे लोकतंत्रत का मजबूत पहलू है लेकिन इसमें अगर हिंसा होती है तो वो लोकतंत्र की मूल भावना को नुकसान पहुंचाती है जो लोग इस हिंसा पर उतरे हुए हैं उनको हम यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके समाजिक संवैधानिक सभी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि विरोध कर रहे लोगों को यह समझना होगा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला कानून है न कि नागरिकता छीनने वाला उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई अठारह दिसम्बर को करेगा प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों के अनुरोध पर बुधवार को इन मामलों की सुनवाई निर्धारित की है गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देते हुए तेरह विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गयी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट्स और अश्लील सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न भागों में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के लिये इन पोर्न साइट्स को जिम्मेवार बताया है पत्र में लिखा गया है कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और युवा अश्लील हिंसक और अनुचित सामग्री देख रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के मामलों पर नजर रखने और इनके त्वरित निपटारे के लिये दो सदस्यीय समिति बनायी है प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने आज इससे संबंधित प्रशासनिक निर्णय लिया है न्यायमूर्ति आरसुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की समिति निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में दुष्कर्म के मामलों के त्वरित निपटारे के लिये कदम उठायेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा है कि नीति आयोग के द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये चलायी जा रही योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में कटिहार अररिया समेत पांच जिलों में महिला सुरक्षा और महिला उत्थान के लिये नीति आयोग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आये हैं मध्रबनी जिले के रैयाम थाना अंतर्गत दरभंगा मध्बनी सीमा पर बलिया बेलाम इलाके में अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट के बाद एक पेट्रोल पंप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद छह लाख रूपये लूटकर फरार हो गये मृतक की पहचान धनंजय कुमार झा के रूप में हुई है घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने रैयाम थाना परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की इधर वैशाली जिले के मतैया में अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से साढ़े तीन लाख रूपये लूट लिये पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जल स्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने के मामले में अधिकारियों से बीस जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया रवि मित्तल ने आज सूचना और प्रसारण सचिव का कार्यभार संभाल लिया है बिहार काडर के वर्ष उन्नीस सौ छियासी बैच के आई ए एस अधिकारी श्री मित्तल ने श्री अमित खरे से कार्यभार ग्रहण किया श्री खरे को उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है दरभंगा में बनने वाले राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण के लिये केन्द्रीय दल ने आज चयनित स्थल का निरीक्षण किया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में सात सदस्यीय दल ने एम्स के लिये चयनित स्थल की उपयुक्तता की जांच की श्री शर्मा ने कहा कि टीम ने एम्स के निर्माण के लिये आवश्यक विभिन्न मानदंडों के बारे में भी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की

वो हमने यहां पर आकर देखी हैं इसके अलावा जो जगह खाली जमीन को देखी और किस तरह से हमारी आवश्यकता एम्स के लिये होनी चाहिए कि फोन लेन कनेक्टिवीटी पानी बिजली का बंदोबस्त कैसे और जो नीची जमीन है उसको भरना पडेगा क्या किस तरीके से करना होगा उन पर चर्चा की है पटना में वायु गुणवत्ता के पल पल के आंकड़ें आज से तीन और नये निगरानी केन्द्रों के जरिये प्राप्त होने लगे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के इको पार्क में आयोजित औपचारिक समारोह में इन केन्द्रों का उद्घाटन किया ये केन्द्र राजधानी के बीआईटी मेसरा परिसर इको पार्क और श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल परिसर में स्थापित किये गये हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है इसके कारण पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में ठंड बढ़ गयी है हालांकि दोपहर बाद पटना सहित आसपास के इलाकों में हल्की ध्रप निकलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जतायी है भागलपुर जिले का सबौर आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गयी पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया यह दिवस उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में जीत की याद में मनाया जाता है देश और प्रदेश में इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम किया है इस युद्ध के बाद ही तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था शिवहर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने इक्यानवे लीटर शराब के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहराय गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक सौ बीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अररिया जिले में सिमराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत फारबिसगंज अररिया फोर लेन पर पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से तिरपन कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है सहकारिता मंत्री और शिवहर जिला के प्रभारी मंत्री राणा रणधीर सिंह ने समाहरणालय में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया कटिहार जिला स्थित बिहार सैन्य पुलिस सात के परिसर में प्रशिक्षु सिपाहियों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया इस अवसर पर बीएमपी के डीजी एसके सिंघल डीआईजी छत्रनील सिंह और बीएमपी सात के समादेष्टा आनंद कुमार ने तीन सौ अस्सी सिपाहियों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया नवादा जिला मनरेगा योजना के बेहतर कार्यान्वयन के कारण देश के अठारह श्रेष्ठ जिलों में शामिल हुआ है इसके लिये उन्नीस दिसम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी कौशल कुमार को सम्मानित किया जायेगा